प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केवल राजनीति पर ध्यान केन्द्रित न करके जनहित के काम करने को भी कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि क्रूक्षेत्र जिले के तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों को दर्शनीय स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा

मंत्री ने बताया कि देश में सभी किसानों को कवर करने के लिये योजना के दायरे का विस्तार किया गया है

श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये पेंशन की भी मंज्री दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केवल राजनीति पर ध्यान केन्द्रित न करके जनहित के काम भी करने को कहा है वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों के सम्बोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते ह्ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता की शिकायतों को सुने और उन्हें नई सरकारी योजनाओं के बारे में भी बतायें श्री जोशी ने बतायाकि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अन्पस्थिति पर चिंता जताई बैठक के दौरान प्रधानमंत्रीमोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिये नई योजनायें बनानी चाहिए केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के तहत ओपिटीकल फाईबर से जूड़ी एक लाख अद्वाइस हजार पंचायतें अपने यहां किये गये कार्यो और लाभार्थियों को दी गई सहायता के सब्त के तौर पर फोटो अपलोड कर रही है

पंचायतों को ओर सश्क्त बनाने पर उन्होंने कहा कि जो राज्य स्थानीय निकाय च्नान नहीं करवाते उन्हें वित्त आयोग के तहत फंड नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रू पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापकों ग्रूओं और मार्ग दर्शकों को श्भकामनये दी है उन्होंने कहा कि ग्रू पूर्णिमा के अवसर वे सभी गुरूओं को नमन करते है जिन्होंने समाज को प्रेरित करने ढालने और आकार देने में महत्वपूर्ण निभाई है ग्रू पूर्णिमा हिन्दू धर्म मे एक अध्यात्मिक पंरपरा है जो उन आध्यात्मिक ग्रूओं और शिक्षकों को समर्पित है जो विकसित एवं प्रबुद्व मानव है और अपनी ब्दविमता सांझा करने के लिये तैयार है आज हरियाणा में ग्रू पूर्णिमा की पर्व श्रद्वा से मनाया जा रहा है यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में मंदिरों व आश्रिमों के भव्य रूप देकर सजाया गया है स्बह से प्राचीन सूर्यक्ंड मंदिर अमादलप्र प्राचीन श्री चिट्टा हनमान मंदिर यम्नानगर आजात आश्रम ताजेवाला प्राचीन श्री यम्नेश्वरी मंदिर बहाद्रगढ़ शिव शक्ति आश्रम दड़वा जगाधरी और डेरा बाबा दयाल की मंदिर कपाल मोचन में भक्तों ने तिलक कर ग्रूजनों से आर्शीवाद लिया भक्तों ने ग्रूजनों से रक्षा सूत्र भी बंधवाये और उपहार देकर उनका आर्शीवाद लिया

अधिकतम आंशिक ग्रहण तीन बजकर एक मिनट पर लेगा तक चन्द्रमा का लगभग आधा भाग पृथ्वी की छाया से ढक जायेगा

अरूणाचल प्रदेश के अत्याधिक उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर भारत के सभी स्थानों पर ग्रहण शुरू से अंत तक दिखाई देगा

इसके अलावा उन्होंने राज्य के लोगों को पर्यावरण और संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए महापुरुषों दादा दादी माता पिता गुरूजनों और अपने अपने नाम से कम से कम एक पौधा जरुर लगाने और इन पौधों के रोपण से लेकर इनके बड़ा होने तक सुरक्षित रखने का संकल्प लेने का आहवान किया म्ख्यमंत्री मनोहर लाल आज क्रूक्षेत्र के थानेसर मे वन विभाग व प्रशासन के संय्क्त तत्वाधान में आयोजित राज्यस्तरीय पौधागिरी कार्यक्रम में बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने य्वाओं को धरती मां की यही प्कार बच्चे कम और पेड़ हजार का संदेश देते हुए कहा कि आज पर्यावरण और भूजल स्तर को बचाने के लिए पौधों को लगाना बहत जरुरी है उन्होंने बच्चों के साथ साथ आमजन को पौधा लगाने हेत् उत्साहित करने के लिए पौधे के साथ सेल्फी को एप पर अपलोड करने का अभियान भी श्रु किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है इससे पहले उपाय्क्त स्कूली बच्चों को फलदार पौधे वितरित किये

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि क्रुक्षेत्र जिले के तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों को दर्शनीय स्थलों के रुप में विकसित करने की योजना बनाई है इस योजना के तहत ही गुमथला गढ़ के सोमतीर्थ और सैंयदा के भूरीश्रवा तीर्थ थानेसर के कालेश्वर तीर्थ गांव मांगना के सप्तसास्वत तीर्थ का जीर्णोद्घार और सौंदर्यकरण किया जाएगा